नायक जोगेन्द्र सिंह सोलंकी का आज उनके पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार राज्य सरकार ने की आतंकी मुठभेड़ में शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा और नायक जोगेन्द्र सिंह सोलंकी के परिवारों के लिए सहायता की घोषणा

प्रदेश में आज कई स्थानों पर हुई बारिश कुछ जगह से मिले ओले गिरने के समाचार

बूंदी में अब तक संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है जिला कलेक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने बताया कि कल से जिले में निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही कई नई गतिविधियों की भी शुरूआत होगी

जिले के अन्दर ऑटो टैम्पों और बसों का संचालन भी निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगा

हमारे संवाददाता ने बताया कि संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है

इसी कड़ी में झारखण्ड़ के बाद आज सुबह कोटा से विद्यार्थियों को लेकर एक रेलगाड़ी बिहार के लिए रवाना हुई दोनों राज्य सरकारों की सहमति के बाद इस ट्रेन को चलाया गया

विद्यार्थियों को रवाना करने से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया अपनाई जा रही है

मध्यप्रदेश में फंसे बूंदी जिले के बामण गांव के रहने वाले दूलीचन्द ने वापस अपने घर पहुंचने पर सरकार का धन्यवाद किया

भरतपुर शहर के मोरी चार बाग इलाके में गुरूद्वारे में आज एक विवाह संपन्न हुआ सादगी से हुए विवाह में वर वधु पक्ष के पांच पांच लोग ही शामिल हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया भरतपुर के ही हलेना क्षेत्र के गांव धरसोनी का नगला में भी सादगी के साथ विवाह हुआ इसमें वर वध् ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर सात फेरे लिए प्रशासन की अनुमति से हुई शादी के समय चिकित्सकों की टीम ने दोनों ही पक्षों के लोगों के स्वास्थ्य की जांच की इधर कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश के कई लोग जनसेवा में जुटे है बारां जिले में एक महिला संगठन ने कई लोगों को काढ़े का वितरण किया झालावाड में सफाईकर्मियों पर प्रष्ट वर्षा कर और उन्हें पीपीई किट देकर उनका सम्मान किया गया भरतपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया बूंदी में न्यायाधिकारियों ने स्काउट गाइड के साथ पक्षियों के लिए परिण्डे बांधे

सैनिक कल्याण और परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने आज राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जयपुर हवाई अड्डे पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की

जम्मूकश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए जयपुर के कर्नल आशुतोष शर्मा के परिवार को भी मंत्री ने सांत्वना दी और सहायता की घोषणा की राज्यपाल कलराज मिश्र ने जोगेन्द्र सिंह की शहादत को सलाम किया है भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने भी जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जयपुर के कर्नल आशुतोष शर्मा और करौली के जोगेन्द्र सिंह सहित अन्य जवानों को श्रद्वांजलि अर्पित की है जोगेन्द्र सिंह सोलंकी का आज करौली जिले के हिण्डौनसिटी में उनके पैतुक गांव इब्राहिमपुर में अंतिम संस्कार किया जाएगा

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर मीडियाकर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि मीडिया के पास लोगों को सूचित और शिक्षित करने की ताकत है राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी इस अवसर पर मीडियाकर्मियों को शुभकामनाए दी है उन्होंने कहा कि मीडियाकर्मी निर्भिक होकर पत्रकारिता के सिद्धान्तों पर चलकर अपना काम करें

बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर र्स आयोजित इस वेबीनार में श्री मिश्र वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छात्र छात्राओं को सम्बोधित करेंगे

राज्यपाल ने फोन पर मुख्यमंत्री से बात कर उनकी निरन्तर प्रगति की कामना की श्री गहलोत ने कोरोना संकट के कारण अपना जन्मदिन नहीं मनाने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर कई जिलों में समाजसेवियों ने मास्क सैनेटाइजर और फलों का वितरण किया

भारतीय सेना नौसेना और वायुसेना ने आज कोरोना योद्वाओं के प्रति देश की एकता प्रदर्शित करने के लिए देशभर में अनेक गतिविधियां आयोजित की गृहमंत्री अमित शाह ने इसके लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों को शुभकामनाए दी हैं राज्यपाल कलराज मिश्र ने सेना द्वारा कोरोना वॉरियर्स को दिए गए सम्मान की सराहना की है

इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके दौसा के कवि संजय झाला ने आकाशवाणी के साथ बातचीत की

वहीं जिले में कई स्थानों पर तेज अंधड़ से पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए जिससे बिजली व्यवस्था बाधित हुई अलवर में शहर और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश के समाचार है

झन्झनूं जिले के पिलानी सूरजगढ़ और चिडावा में अंधड़ के बाद ओले गिरे सवाईमाधोपुर में भी तेज अंधड़ से जनजीवन प्रभावित हुआ टोंक बीकानेर चूरू और श्रीगंगानगर जिले में हल्की बारिश हई